वे आज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित अन्य भाजपा नेताओं के साथ शिमला से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने हर कार्यकर्ता को ये सुनिश्चित करने को कहा कि कोरोना वायरस को देखते हुए लगाए गए कर्फ्यू के दौरान राज्य में कोई भी व्यक्ति भोजन और आश्रय के बिना न रहें जयराम ठाकुर ने औद्योगिक क्षेत्रों और परियोजना क्षेत्रों में फंसे श्रमिकों को हर संभव सहायता प्रदान करने पर विशेष बल देने की जरूरत बताई उन्होंने पार्टी कार्यकताओं को अन्य राज्य से आए लोगों की पहचान में सहयोग करने को कहा ताकि उन्हें भोजन व रहने की व्यवस्था की जा सकें मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की होमडिलवरी के लिए जिला प्रशासन और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतीराज संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ तालमेल बनाने को भी कहा उन्होंने लोगों को आवश्यक वस्तुऐं वितरित करतें हुए सामाजिक दूरी बनाए रखने का आग्रह भी किया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए पौध संरक्षण सामग्री वाली दुकानों को भी खुला रखने का निर्णय लिया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि सेब और सब्जियों के लिए किसानों को एंटी हेलनेट उपलब्ध करवाए जाएंगे और मधुमक्खी पालन से जुड़े लोगों की सुविधा के लिए भी कदम उठाए गए हैं मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने मुख्यमंत्री से बागवानों की सुविधा के लिए उर्वरकों और स्प्रे तेल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित बनाने का आग्रह किया उन्होंने ऊपरी शिमला के लिए इन सामग्रियों की आपूर्ति करने वाले वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित न करने की मांग भी की परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि बाहरी राज्यों में फंसे प्रदेश के लोगों के प्रति सरकार संवेदनशील है पालमपुर से जारी एक प्रैस बयान में उन्होंने लोगों से संयम रखते हुए घरों में ही रहने की अपील की है

परमार ने लोगों को अफवाहों से दूर रहने का आह्वान भी किया

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जो लोग राशन व दवा खरीदने में असमर्थ हैं उन्हें ज़िला प्रशासन घरद्वार पर सामान उपलब्ध करवा रहा है वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि संकट की इस घड़ी में जमाखोरी व मुनाफाखोरी करने वाले लोगों के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी उधर मण्डी ज़िला प्रशासन द्वारा रैडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से गरीबों व असहायों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है

तीमारदारों ने इस व्यवस्था को शुरू करने के लिए चिकित्सकों का आभार जताया है इधर शिमला में रहने वाले बेसहारा ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए प्रेस क्लब शिमला राशन व अन्य ज़रूरी सामान वितरित करेगा

ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर तथा एआईआर न्यूज वेबसाइट डब्लयू डब्लयू डब्लयू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डाट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित होगा सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि सोलन ज़िले में किसानों के उत्पाद मण्डियों तक पहुंचाए जा रहे हैं और पशुधन के लिए चारे के समुचित प्रबंध किए गए हैं सोलन में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि चारे को विशेष श्रेणी में रखा गया है ताकि चारा लाने वाली गाड़ियों को कहीं पर भी न रोका जाए सैजल ने प्रशासन को कर्फ्यू के दौरान लोगों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश के अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं की कमी पर चिंता जताई है शिमला से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी सरकार से आग्रह किया है राठौर ने बाज़ारों में नकली और घटिया किस्म के सैनिटाइज़र व मास्क बेचने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की मांग भी की